उन्होंने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्वसंध्या पर अपने संदेश में कहा कि महिलाएं हमारे परिवार समाज और राष्ट्र के लिए एक प्रेरणा हैं और वे सामाजिक संरचना का आवश्यक आधार हैं उन्होंने कहा कि भारत में भी महिलाओं ने जीवन के हर क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई है राष्ट्रपति ने कहा कि महिलाओं ने जीवन के सभी क्षेत्रों में अपनी विशिष्ट भूमिका के साथ राष्ट्र की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान किया है उन्होंने कहा कि फिर भी भारत में महिलाओं की सामाजिक आर्थिक स्थिति को और बेहतर बनाने के लिए बहत क्छ किया जाना बाकी है श्री कोविंद ने कहा कि हम सभी को महिलाओं की सुरक्षा शिक्षा और स्वतंत्रता के लिए अथक परिश्रम करना होगा ऐसा करने से ही हम महिलाओं विशेषकर हमारी बेटियों के लिए अधिक सक्रिय सक्षम और सशक्त बनने का मार्ग प्रशस्त कर पाएंगे उन्होंने इस अवसर पर सभी महिलाओं को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दीं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं की अदम्य साहस को नमन किया है अपने ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि भारत राष्ट्र की महिलाओं की कई उपलब्धियों पर गौरान्वित है उन्होंने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में महिला सशक्तीकरण को आगे बढ़ाने की दिशा में काम करना उनकी सरकार के लिए सम्मान का विषय है महिलाओं को विकास की मुख्यधारा से जोड़े बिना किसी समाज राज्य और देश के आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक विकास की कल्पना ही नहीं की जा सकती है राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू माही केयर फाउण्डेशन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या के अवसर पर आयोजित सम्मान समारोह कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेसिंग से संबोधित कर रही थी उन्होंने सामाजिक आर्थिक रूप से महिलाओं के स्वावलंबन पर जोर दिया राज्यपाल ने महिला दिवस के अवसर पर राज्यवासियों को शुभकामनाए दी हैं

इसमें कार्यक्रम की तैयारियों के तौर तरीकों पर चर्चा की जाएगी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता वाली दो सौ उनसठ सदस्यीय समिति की बैठक वर्च्अल माध्यम से आयोजित की जाएगी समिति में कई केंद्रीय मंत्री मुख्यमंत्री राज्यपाल भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जे पी नड्डा कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी और अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं के अलावा पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवेगौड़ा और डॉ मनमोहन सिंह मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे तथा नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अमर्त्य सेन और कैलाश सत्यार्थी शामिल हैं कपडा मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि भारत अगले दो वर्ष में रेशम उत्पादन में पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो जाएगा श्रीमती ईरानी कल नई दिल्ली में कृषि रेशम उत्पादन सम्मेलन और थाई रीलिंग के उन्मूलन पर राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम को सम्बोधित कर रही थी

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्वसंध्या पर कपड़ा मंत्रालय ने अस्वास्थ्यकर पुराने तरीके के उन्मूलन के लिए कई महिला बुनियाद रेशम चरखा मशीन वितरित कीं श्रीमती ईरानी ने कहा कि बुनियाद मशीनें उपलब्ध कराने के लिए पुराने तरीके से काम करने वाली आठ हजार महिलाओं की पहचान की गई पांच हजार महिलाओं को पहले ही चरण में मशीने दी जा चुकी हैं शेष तीन हजार के लिए बजट का प्रावधान किया गया है संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू होगा

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिला सशक्तीकरण को लेकर रेलवे ने अनोखी पहल की है महिलाओं का मनोबल बढ़ाने के लिए रांची रेलवे स्टेशन का कामकाज महिला रेल कर्मी संभालेंगी महिला दिवस को लेकर भारत निर्वाचन आयोग और भारतीय रेल ने कार्यक्रमों की जानकारी साझा की है

आज रेलवे के कंट्रोल रूम में सिर्फ और सिर्फ महिला रेल कर्मचारी ड्यूटी करेंगी धनबाद स्टेशन के रूट रिले इंटरलॉकिंग बिल्डिंग में भी महिला स्टेशन मास्टर को ही ट्रेनों को ग्रीन और रेड सिग्नल दिखाने की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी इतना ही नहीं जनरल टिकट घर की सभी खिड़कियों पर महिलाएं ही टिकट जारी करेंगी टिकट जांच की जिम्मेदारी भी महिला टिकट चेकिंग स्टाफ को दिया गया है रेलवे स्टेशन और प्लेटफार्म की जिम्मेदारी भी महिला आरपीएफ अधिकारी और बटालियन के जिम्मे होगी अंतराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर पश्चिमी सिंहभूम जिले में दीनदयाल आजीविका मिशन के तहत यात्रा का आयोजन किया जा रहा है साथ ही सखी मंडलो की महिलाओं को सम्मानित भी किया जाएगा पेश है चाईबासा संवाददाता की रिपोर्ट आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं के मुद्दों उल्लेखनीय कार्य करने वाली महिलाओं से विशेष बातचीत अपने बुलेटिनों और वार्ता के कार्यक्रमों में शामिल किया है उल्लेखनीय कार्य करने वाली महिलाओं पर विशेष समाचार रोजाना बुलेटिनों में शामिल किये जा रहे हैं तीन मार्च से महिला विशेषज्ञ डॉक्टरों से बातचीत कोरोना जागरूकता कार्यक्रम में प्रसारित किया जा रहा है आज व्लर्ड न्यूज कार्यक्रम में वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाने वाली भारतीय महिलाओं पर विशेष प्रस्तुति प्रसारित की जाएगी अंतराष्ट्रीय महिला दिवस पर आज आकाशवाणी रांची के प्रादेशिक समाचार एकांश में भी महिला कर्मियों ने समाचार निर्माण की जिम्मेदारी संभाली इस दौरान उनमें खास उत्साह देखने को मिला अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाने के लिए आज केन्द्र सरकार के सभी पुरातात्विक स्थलों पर महिला पर्यटकों का प्रवेश निशुल्क होगा भारतीय पुरातत्वव सर्वेक्षण ने कहा है कि देशभर की सभी स्मारकों में भारतीय और विदेशी महिलाओं को निशुल्क प्रवेश दिया जाएगा देशभर में तीन हजार छह सौ एकानबे संरक्षित स्माारक हैं फिल्म प्रभाग बाल चित्र समिति के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर तीन दिन तक विशेष उत्सव आयोजित करेगा इस दौरान वृत चित्र फीचर फिल्मों के साथ कई विषयों पर वेबिनार का आयोजन किया जाएगा विशेष रूप से इस बार के उत्सव के विषय चुनौती के लिए चुने गये पर केन्द्रित कई फीचर फिल्मों और वृत चित्रों का प्रदर्शन किया जाएगा इस दौरान कई फिल्मों का प्रसारण फिल्म प्रभाग की वेबसाइट और यूट्यूब पेज पर भी किया जाएगा

प्रभात खबर ने अपने पहले पन्ने पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन के हवाले से लिखा है देश में कोविड महामारी खात्मे की ओर वहीं स्थानीय को निजी क्षेत्र में आरक्षण शीघ्र इस शीर्षक के साथ दैनिक हिन्दुस्तान ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बयान को अपनी सुर्खी बनायी है